प्रदेश की चालीस संसदीय सीटों सहित देश के पांच सौ बयालीस लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो गयी है ताजा रूझानों के अनुसार एनडीए एक सौ साठ सीटों पर आगे चल रही थी वहीं यूपीए पैंसठ सीटों पर आगे है जबकि अन्य बत्तीस सीटों पर आगे चल रही हैं बिहार के ताजे रूझान के अनुसार एनडीए छह सीटों पर आगे चल रही है निर्वाचन आयोग ने धन के अत्यधिक उपयोग के आधार पर तमिलनाडु की वेल्लूर सीट पर चुनाव रद्द कर दिया था लोकसभा सीटों के साथ चार राज्यों आंध्र प्रदेश ओडिशा सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के विधानसभाओं के चुनाव की मतगणना भी आज ही हो रही है वीवीपैट यानि मतदान पुष्टि पर्चियों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ मिलान करने के कारण चुनाव परिणाम देर शाम तक आने की संभावना है पहली बार वोटिंग मशीनों से परिणामों का वीवीपैट से मिलान किया जायेगा यह प्रक्रिया प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनिंदा पांच मतदान केन्द्रों पर की जायेगी देश में कुल दस लाख तीस हजार मतदान केन्द्र बनाये गये थे इसलिए बीस हजार छह सौ बूथों की पर्चियों से मिलान किया जायेगा राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में चौंतीस मतगणना केन्द्र बनाये गये हैं जहां सत्रह हजार कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है पटना सहित सात जिलों में दो दो लोकसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती हो रही है प्रत्येक विधान सभा के लिए अलग अलग टेब्रल बनाये गये हैं जिस पर कम से कम पैंतालीस कर्मी तैनात हैं श्री सिंह ने बताया कि मतगणना केन्द्रों की त्रि स्तरीय सुरक्षा की गयी है उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है इसके अलावा परिसर के बाहर और मुख्य प्रवेश द्वार पर विडियोग्राफी की व्यवस्था की गयी है मतगणना स्थल पर किसी प्रकार की आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस मेडिकल टीम और फायर बिग्रेड का दस्ता भी तैनात किया गया है

मतगणना के दौरान एम्बुलेंस शव वाहन न्यायिक कार्य और मतगणना से जुड़े वाहन के साथ पासधारक वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है प्रदेश में इस बार मतों की गिनती के लिए तैंतीस जिला मुख्यालयों में केन्द्र बनाये गये हैं पटना मुजफ्फरपुर छपरा मोतिहारी बेतिया और मध्रबनी में दो दो लोकसभा क्षेत्रों की मतों की गिनती हो रही है जबकि अरवल सहरसा शिवहर लखीसराय और शेखपुरा जिला मुख्यालयों में काउंटिंग नहीं होगी पटना में पटना साहिब तथा पाटलिपुत्र छपरा में सारण और महाराजगंज मधुबनी में मधुबनी और झंझारपुर मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर और वैशाली समस्तीपुर में समस्तीपुर और उजियारपुर मोतिहारी में पूर्वी चंपारण और शिवहर के साथ बेतिया में पश्चिम चंपारण और वाल्मिकीनगर संसदीय क्षेत्र के वोटों की गिनती की जा रही है प्रदेश की चालीस सीटों पर छह सौ छब्बीस प्रत्याशी अपने किस्मत आजमा रहे हैं विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गयी है जिला प्रशासन ने पार्टियों की ओर से निकाले जाने वाले विजय ज़लूस पर प्रतिबंध लगा दिया है बिहार की चालीस लोकसभा सीटों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ शकील अहमद केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रघ्रवंश प्रसाद सिंह केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रामक्रपाल यादव आर के सिंह अश्विनी कुमार चौबे फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और पूर्व मंत्री जगदानंद सिंह शामिल हैं इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद भूदेव चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होगा केंद्र सरकार ने मतगणना के दौरान देश के विभिन्न भागों में हिंसा की संभावित घटनाओं के मद्देनजर सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया है गृहमंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था और आपसी सद्भाव बनाए रखने की सलाह दी है इधर राज्य में मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की कल पटना में समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में गृह सचिव आमिर सुबहानी पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय और एडीजी कुंदन कृष्णन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे चुनावी हिंसा की आशंका के मद्देनजर राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया गया है एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान की जांच हो रही है अगर बयान से प्रभावित होकर किसी तरह की हिंसा हुई तो श्री कुशवाहा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उल्लेखनीय है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने पिछले दिनों महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर चुनाव परिणाम में किसी तरह की गडबडी हुई तो जनता सड़कों पर उतर आयेगी लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के रूझान और परिणाम की जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक नई वेबसाइट शुरू की है मतगणना के रूझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रिजल्ट्स डॉट ईसीआई डॉट जिओवी डॉट इन के साथ साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होगा सत्रहवीं लोकसभा में चुनकर आने वाले नये सांसदों के लिए इस बार ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है और उन्हें आते ही स्थायी पहचान पत्र दिया जायेगा सडसठ साल के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब सांसदों को अस्थायी पहचान पत्र के बजाय सीधे ही स्थायी पहचान पत्र दिये जायेंगे

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग चुनाव परिणामों पर पहली बार लगातार चालीस घंटे का विशेष कार्यक्रम जनादेश दो हजार उन्नीस का प्रसारण कर रहा है इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार रात ग्यारह बजे तक हिन्दी और अंग्रेजी में किया जायेगा वहीं प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से भी मतगणना की ताजा जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिये विशेष समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया किया जा रहा है पांच मिनट के विशेष चुनाव बुलेटिन का प्रसारण साढ़े नौ साढ़े ग्यारह और दोपहर डेढ़ बजे किया जायेगा आज दोपहर तीन बजकर दस मिनट पर प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन के समय में भी परिवर्तन किया गया है यह ब्रलेटिन दोपहर बाद चार बजे से चार बजकर दस मिनट तक प्रसारित होगा इसके बाद उर्दू में खबरों का प्रसारण चार बजकर दस मिनट से चार बजकर बीस मिनट तक किया जायेगा जबकि शाम साढ़े छह बजे पांच मिनट का विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा वहीं शाम साढ़े सात बजे प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन पंद्रह मिनटों का होगा रात आठ बजे से प्रादेशिक समाचार एकांश चुनाव परिणामों पर आधे घंटे का विशेष परिचर्चा आयोजित करेगा इस परिचर्चा में जाने माने पत्रकार और चुनाव विश्लेषक भाग लेंगे परिचर्चा के ठीक बाद रात साढ़े आठ बजे से पांच मिनट का विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जायेगा आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से शाम छह बजकर पंद्रह मिनट से प्रसारित होने वाले मैथिली समाचार बुलेटिन की अवधि में भी विस्तार किया गया है आज यह बुलेटिन दस मिनटों का होगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने सभी नागरिकों से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान देने का आहवान किया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक ट्वीट संदेश में नायडू ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के महत्व को बताएं उन्होंने कहा कि प्रद्षण जलवायू परिवर्तन और हरित क्षेत्र का नुकसान जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है श्री नायडु ने स्थिति को ठीक करने के लिए लोगों को तेजी से काम करने की अपील की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों से कहा है कि समाचार और समाचारों से इतर सामग्री के प्रसारण में अपनी अपनी वचनबद्धता का कड़ाई से पालन करें मंत्रालय ने कल सभी निजी टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी कर कहा है कि दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए भारत से टेलीविजन की अपलिंकिंग के दो हजार ग्यारह के नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रालय समाचारों और गैर समाचार श्रेणी के अंतर्गत अपलिंकिंग की अनुमति देता है गैर समाचार टेलीविजन चैनल की अपलिंकिंग का आवेदन करते समय आवेदक कंपनी को वचनबंध देना होता है कि प्रस्तावित चैनल विशुद्ध रूप से मनोरंजन चैनल है और उस पर समाचार या सम सामायिक घटनाओं पर आधारित कोई कार्यक्रम नहीं होगा केंन्द्र सरकार ने चार न्यायाधीशों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश स्वीकार कर ली है यह सिफारिश उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने की थी जिन न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है उनमें न्यायमूर्ति अनिरूद्व बोस न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं जीएसटी नेटवर्क ने रिटर्न फार्म भरने की नयी और सरल प्रणाली का नमूना पेश किया है यह फार्म इसी साल आम कारोबारियों के लिए जारी किया जायेगा यह नमूना फार्म जीएसटी की आधिकारिक बेवसाइट पर उपलब्ध कराया गया है जीएसटी नेटवर्क ने प्रस्तावित ऑफलाइन साफ्टवेयर नमूने पर संबंधित पक्षों की राय भी मांगी है प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित है गया कल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले पांच दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी इस दौरान तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी तेलंगना के डंडीगुल में पच्चीस से उनतीस मई तक आयोजित होने वाली प्रथम ऑल इंडिया अंतरजिला सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैम्पियनशिप के लिए पटना की टीम घोषित कर दी गयी है बिहार हैंडबॉल संघ के सचिव ब्रजकिशोर शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर से पच्चीस जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव की मतगणना को शीर्ष खबर बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है वीवीपैट पर्चियों की पहले गिनती नहीं अखबार ने ईवीएम पर अमित शाह के हवाले से विपक्ष से पूछे गये छह सवालों को भी प्रमुखता से जगह दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है आज पता चलेगी जनता के मन की बात अखबार ने मतगणना के दौरान हिंसा के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रलिस महानिदेशकों को जारी पत्र को भी अपनी सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर लिखता है लोकसभा चुनाव के नतीजे आज पांच सौ बयालीस सीटों पर दस से ग्यारह बजे तक रूझाने आने से शुरू होंगे प्रभात खबर ने उपेन्द्र कुशवाहा क बयान के बाद केन्द्र सरकार के अलर्ट को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है राष्ट्रीय सहारा ने बिहार में चालीस संसदीय सीटों के लिए हुए चुनाव में छह सौ छब्बीस प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले को प्रमुखता से स्थान दिया है